मुख्यमंत्री ने नीदरलैंड में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय रोड शो कर निवेशकों को किया आमंत्रित तीन संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री ने अभियंताओं को सप्ताह में चार दिन फील्ड में काम करने के दिए निर्देश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का आहवान विभिन्न मामले मध्यस्थता के माध्यम से निपटाएं न्यायाधीश

इस राशि से ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में हैंडपम्प लगा सकेंगी ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज शिमला में बताया कि इस बारे में सभी पंचायतों को दिशानिर्देश दिए गए हैं

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सीआईआई के सहयोग से नीदरलैंड के हेग में कल दूसरा अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किया इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल के मजबूत पहलुओं नीतियों और उपयुक्त अवसरों व राज्य के निवेश को प्रोत्साहित करने के बारे में जानकारी दी जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसमें संशोधन कर और आकर्षक व उद्योगों के अनुकूल बनाया है उन्होंने विभिन्न कंपनियों को धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट के लिए आमंत्रित किया इससे पहले राज्य सरकार ने नीदरलैंड के तीन संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए इन समझौता ज्ञापनों के तहत नीदरलैंड की कंपनियां कांगड़ा में गोल्फ कोर्स व रिजॉर्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करेंगी इसके अलावा सरकार ने कृषि बागवानी सहित ढांचागत विकास के लिए भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए सुरेश भारद्वाज राज्य सरकार शैक्षणिक पाठ्यक्रम और खेलों में योग को अनिवार्य बनाने के लिए प्रारूप तैयार करेगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांगड़ा में त्रिगर्त दिव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा ध्यान केंद्र द्वारा आयोजित दो दिवसीय योग शिविर के समापन अवसर पर ये बात कही इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों के साथ योगा अभ्यास किया और योग की विभिन्न क्रियाओं में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया बाद में शिक्षा मंत्री ने चंबा जिला के डलहौजी निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी स्कूल छनानू के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया इस मौके पर उन्होंने गुणात्मक और नैतिक शिक्षा पर बल देते हुए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी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

लोग नमो ऐप और माइ गोव के माध्यम से अपने सुझाव साझा कर सकते हैं

क्षेत्र में बहडाला चताड़ा सड़क के सुदृढ़ीकरण के कार्य का शुभारंभ करने के बाद बहडाला गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ऊना निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों में तेज़ी लाई जाएगी और इसके लिए धन की कमी आढ़े नहीं आने दी जाएगी केंद्रीय दल किन्नौर जिले में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी से हुए नुक्सान का आज केंद्रीय दल ने जायजा लिया उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि दल के सदस्यों ने सांगला रिकांगपिओ सहित कुछ अन्य इलाकों का दौरा किया

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने विद्यार्थियों से समय का सदुपयोग करते हुए नशे से दूर रहकर जीवन के लक्ष्य तय करने का आहवान किया है कसौली निर्वाचन क्षेत्र के पट्टाबरौरी स्थित सरकारी स्कूल में नवनिर्मित परीक्षा भवन के उदघाटन के बाद उन्होंने कहा कि सरकार विद्यालयों में जरूरी अधोसंरचना सुजित करने और अध्यापकों के खाली पदों को भरने पर ध्यान दे रही है इससे पहले उन्होंने पैंशनर एंड सीनियर सिटीजन वैलफेयर एसोसिएशन पट्टाबरौरी व हरिपुर के स्थापना दिवस समारोह में भी शिरकत की महेंद्र ठाकुर सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अभियंताओं को सप्ताह में चार दिन फील्ड में जाकर जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी और निरीक्षण करने को कहा है कुल्लू में विभाग के अभियंताओं के साथ जलापूर्ति योजनाओं की आज हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इंजीनियरों का काम कार्यालय के बजाए फील्ड में अधिक है उन्होंने कहा कि फील्ड में जाने से अभियंताओं को पेयजल व सिंचाई योजनाओं की व्यवहारिक जानकारी मिलेगी जिससे वे जनसमस्याओं का समाधान मौके पर कर सकेंगे न्यायाधीश प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं से मध्यस्थता के माध्यम से मामलों को निपटाने का आहवान किया है बिलासपुर में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का उदघाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि इस केंद्र में एडीआर तकनीक द्वारा अदालत से जुड़े मामलों का निपटारा किया जा सकेगा न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने कहा कि सवा तीन करोड़ रुपए की लागत से बना ये सेंटर सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं उन्होंने जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को मध्यस्थता के माध्यम से सस्ता व त्वरित न्याय देने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करने को कहा राज्यपाल शिमला स्थित राजभवन में वाल्मिकी रामायण पर आधारित संगीतमय श्री रामचरित चिंतन सत्र के छठे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ सेना प्रशिक्षण कमांड शिमला के चीफ ऑफ स्टाफ लैफिटनेंट जनरल जीएस सांगा ने किया इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत लेडी गर्वनर दर्शना देवी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी भी मौजूद रहे चिंतन सत्र में कुलदीप आर्य ने श्री राम के वनवास की ओर प्रस्थान का संगीतमय चित्रण किया

लाहौल स्पीति ज़िला मुख्यालय केलंग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चे इन दिनों योगा अभ्यास में जुटे हैं सुबह के समय सभी बच्चों को योग की विभिन्न क्रियाएं सिखाई जा रही हैं विद्यार्थी इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित हैं

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रॉसकोन ने आज प्रदर्शनी का अवलोकन किया तीन दिवसीय इस प्रदर्शनी में सोलन व आसपास के स्कूली बच्चे पर्यावरण संरक्षण को लेकर जानकारी हासिल कर रहे हैं कार्यशाला केंद्र सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा सरंक्षण भवन नियम विषय पर ऊना में आज एक जागरूकता कार्यशाला लगाई

इससे न्यूनतम ऊर्जा के मानक निर्धारित किए जा सकेंगे उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में ऊर्जा संरक्षण भवन नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए क्षमता निर्माण बेहद जरूरी है